दिन या रात को किसी भी समय मोबाइल या लैंडलाइन फोन से किया जा सकता है कॉल

जनता की कठिनाई कम करने के के लिए कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है

नए दिशा निर्देशों में दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की भी अन्यमति होगी इसीतरह बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे इसके अलावाजिन भवन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगरपालिका या नगर निगम के बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है वहां कार्य शुरू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक द्री बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अन्यमति दी गई है प्रसारण डीडीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलैंक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है कैंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगाई सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे नये दिशा निर्देशों का मकसद लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान हासिल किये गये अनुभव का लाभ उठाते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करना है बीस अप्रैल को जिन गतिविधियों को गति दी जानी है उनका उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को पटरी पर लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दक्ष बनाना है साथ ही इसका उद्देश्य दिहाड़ी और अन्य मजदूरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराना है थुकने पर कारवाई केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और शराब गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा इसीतरह कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है किसी भी संगठन और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी होगी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा सरकार ने सभी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है कार्यस्थलों पर प्रत्येक शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए साथ ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अलग अलग समय पर भोजन अवकाश होना चाहिए

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कोरोना और लॉकडाउन के बारे में नये दिशा निर्देश जारी किए हैं

खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर किसी अदालत में मामले का संज्ञान भी नहीं लिया जायेगा अफवाहें फैलाकर लोगों को पैनिक करने वालों को एक साल का कारावास या जुर्माना हो सकता है इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाना भी शामिल है शिवराज मदद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की कि संकट के इस समय में अन्य राज्यों में फंसे हए श्रमिकों की तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए उनके खाते में एक हजार रुपए भेजने का फैसला किया है इसके अलावा उनके भोजन य आवास की व्यवस्था अन्य राज्यों के साथ समन्यय बनाकर की जा रही है

आज तक भोपाल में पांच व्यक्तियों की मौत हुई है

सतना जिले में उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को अब मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलना रहे हैं वर्हीभाजपा संगठन द्वारा दिये निर्देशानुसार आज कोरोना कर्मवीरों का सम्मान भी किया गया शिवपुरी जिले में समीर खान की चौथी जांच रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आज उन्हें जिला चिकित्सालय में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई सीहोर में जिला प्रशासन ने डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा प्रारम्भ की है

आगरमालवा में गठित सर्विलैंस टीम के सदस्य बुखार सर्दी खांसी के मरीजों की चिन्हित कर उन्हें मौके पर आवश्यक दवाईयां वितरित कर रहे हैं

भिंड में पुलिस अधीक्षक भिण्ड नागेंद्र सिंह ने एक वीडियो जारी कर अपील की है जो लोग इंदौर या अन्य स्थानो से यहाँ पहचे है वे अपनी जानकारी तत्काल देकर स्वास्थ्य परीक्षण कराये अशोकनगर में थोक सब्जी मंडी का स्थान परिवर्तित कर महाविद्यालय प्रांगण में बनाया गया है

उज्जैन में सड़कों पर घूम रहे युवकों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है

इन नम्बरों पर दिन या रात को किसी भी समय मोबाइल या लैंडलाइन फोन से कॉल किया जा सकता है वर्हीप्रदेश के सभी जिलों में आज से गेंहू खरीदी का काम शुरू हो गया बैतूल में समर्थन मूल्य पर गेहूं और दलहन उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से शुरू हुआ गुना जिले में उपार्जन कार्य का कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा निरीक्षण किया गया

आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीएम हेल्पलाइन किसानों के लिये भी मददगार साबित हो रही है

शाजापुर जिले की मोमन बडोदिया जनपद के गोलाई गांव में दिव्यांग शीला ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर जाकर पहुँचा रही है तथा उन्हे उनके खाते में आया पैसा भी मौके पर ही मुहैया करा रही है